सीबीआई ने दृष्कर्म के आरोपी क्लदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है ब्यौरा हमारे संवाददाता से सीबीआई आज सीतापुर जेल में बंद पूर्व भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ठिकानों सहित कई जगहों पर छापे मार रही है सीबीआई की तफतीश के तहत ये छापे लखनऊ उन्नाव बांदा और हमीरपुर में कुछ जगहों पर मारे जा रहे है सीबीआई की एक टीम ने कल सीतापुर जेल पहुंचकर जेल अधिकारियों और सेंगर से पृछताछ की थी सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि क्या दुष्कर्म पीडिता के साथ हुए हादसे के पीछे कोई साजिश थी पीडिता अमी भी गंभीर हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती है सुशील चंद्र तिवारी आकशवाणी समाचार लखनऊ पिछले महीने की तीस तारीख को रायबरेली में दुष्कर्म पीडिता की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें पीडिता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गये थे और उसकी चाची तथा मौसी की मौत हो गई थी विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयष्मान भारत को देश भर में लोगों का भारी समर्थन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के उद्घाटन भाषण में भारत योजना के आकार के बारे में बताया और कहा कि इस योजना का आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास है हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा यही है सबका साथ सबका विकास

एक हजार तीन सौ गंभीर बीमारियों का इलाज सुलभ होगा आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने कहा कि अब तक इस योजना से पैंतीस लाख लोगों को लाभ मिला है और बारह लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सांसदों की दो दिन की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे श्री मोदी ने कल अभ्यास वर्ग कार्यशाला का उदघाटन किया प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से सांसद या मंत्री बनने के बाद भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने को कहा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत रूप से संगठित पार्टी है जोड़ तोड़ कर बनाई गई पार्टी नहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि भाजपा अपने आदर्शो और विचारधारा के कारण इस ऊंचाई तक पहुंची है न कि पारिवारिक विरासत के बल पर भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य भाजपा सांसदों के समक्ष अनुशासन का महत्व रेखांकित करते हुए उन्हें संसद के अंदर और बाहर समुचित आचरण के प्रति सतर्क करना है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से कहा है कि वे विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए काम करें आज दिल्ली आईआईटी में टेक्नोलॉजी एक्सपो का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी अनुसंधान उद्योग और आम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं को हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन भी दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था उसके बाद हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको विज्ञान के साथ जोड़ा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसको अनुसंधान के साथ जोड़ दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ऐसा अनुसंधान जो विश्व को एक नई दिशा दे जो जीएसटी विमाग है और मानव संसाधन विभाग है ये दोनों मंत्रालय मिल करके इस अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं एक दिन की इस प्रदर्शनी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ताजा नवाचारों को दर्शाया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान ट् से ली गयी पृथ्वी की पहली तस्वीरें जारी की हैं यह तस्वीरें पृथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती हैं इसरो ने बताया है कि चंद्रयान ट् ने ये तस्वीरें अपने एल चौदह कैमरे से ली हैं चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए देश के दूसरे मिशन चंद्रयान टू को एक पखवाड़े पहले रवाना किया गया था